मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल से देश के सैन्य बलों को वर्षभर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आवाजाही की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि मनाली लेह लद्दाख सड़क मार्ग सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है और अटल सुरंग से सैन्य बलों को कम समय में आवाजाही के साथ साथ आयुद्ध सामग्री की आपूर्ति करने की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि सभी मौसमों में सुरंग के खुले रहने से लाहौल स्पीति के लोगों को भी लाभ मिलेगा और वे वर्षभर देश के साथ सम्पर्क में बने रहेंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद आसानी से मंडियों तक पहंचाने में मदद मिलेगी और उनकी मटर ब्रौकली व आलू सहित अन्य प्रमुख फसलें अब ट्रकों में नहीं सड़ेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग से मनाली लाहौल स्पीति की कई किलोमीटर दूरी कम होने से पर्यटकों को भी सुविधा होगी

उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों की पालना करते हुए दो कुर्सियों से बीच में जगह छोड़ी जाएगी सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा और सभागारों के अंदर हवा के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी सिनेमा हॉल परिसर को समय समय पर सैनिटाइजर किया जाएगा ज्ञापन प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष भेड़ पालकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया

कप्र ने कहा कि भेड़पालकों के व्यवसाय को संरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है राज्यपाल ने भेडपालकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने व उनकी समस्याओं का हरसंभव समाधान करने का आश्वासन दिया ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सके विक्रमादित्य कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर राजनीतिक महत्वकांक्षा के चलते कोरोना महामारी फैलाने के आरोप लगाए हैं शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जिस तरह से संक्रमित होते हुए बड़ी जनसभाओं में जा रहे हैं उससे खतरा और अधिक बढ़ गया है और ये गंभीर चिंता का विषय है

उन्होंने कहा कि अटल टनल उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री विधायक और अति विशिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हजारों लोग शामिल हुए थे और ऐसे में इन सब पर भी संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है किसान मोर्चा भाजपा किसान मोर्चा ने संसद में पारित कृषि विधेयकों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि इन विधेयकों के पास होने से किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होंगे और वे अपनी फसल को और अधिक दामों पर कहीं भी बेच सकते हैं राकेश शर्मा ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी